दोनो नेताओ ने आपसी संबंधो को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया दोनो देशों के बीच शिष्ठमंडल स्तर की वार्ता भी हुई बाद में दोनो नेताओ ने कई परियोजनों की शुरुआत की उन्होंने थिम्फू में सात सौ बीस मेगावाट क्षमता के मांगदेछु पनबिजली संयत्र का उदघाटन किया उन्होंने भारत और भूटान के बीच पनबिजली क्षेत्र में संबंधो के पचास वर्ष प्ररा होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट भी जारी किया दोनो नेताओ ने इसरो के दक्षिण एशियाई उपग्रह के भू केंद्र का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमटोखा दजोंग में खरीदारी कर रुपे कार्ड जारी किया दोनो देशों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रो में दस समझौता ज्ञापनो पर हस्ताक्षर किए भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनो देशों के बीच संबंधो के तीन स्तंभ होंगे आपसी हित और विश्वास पर आधारित निरंतर भागीदारी इसमें शामिल है

वे कल शी योमी जिले के बारनगंग के सम्मेलन केंद्र में गाव बुढ़ाओ के साथ नवनिर्मित जिले से संबंधित मामलो पर विचार विमर्श के लिए आयोजित समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गांव बुढ़ा को सरकार की आँखे और कान बताते हुए श्री सोना ने गांव बुढ़ाओ से जिले के हित के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया विधानसभा अध्यक्ष ने गांव बुढ़ा से वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण करने और जंगली जानवरों को न मारने का संदेश फैलाने की भी अपील की

भवन का निर्माण बी ए डी पी दो हजार सौलह सत्रह के अंदर किया गया था उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि यह नया मॉडल स्कूल जिले के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा श्री पोंगते ने शिक्षक और अभिभावको से स्कूल को सुचारु रुप से चलाने और इच्छित लक्ष्य को हासिल करने में मिलकर कार्य करने की अपील की

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लुमदुंग गांव को स्वच्छ और हरित बनाना है समारोह में श्री नातूंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू वनो की कटाई और जल संसाधन की कमी के प्रति गंभीर है उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हुए हम जल स्रोतो और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते है

तिहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोसायटी ने मेबो सव डिवीजन में बोदक पहाड़ी के पास बना युद्ध स्मारक मिदु लीरेंग में शहीदो को पुष्पांजलि अर्पित की

हालाकी अगजनी में किसी के हताहत होने की कोई रिर्पोट नही है लेकिन लाखो की संपत्ति नष्ट हो गए है आग लगने के कारणो का अभी तक पता नही चल पाया है इधर वेस्ट सियांग जिले के बिरु गांव में भी आग दुर्घटना में एक घर पुरी तरह से जलकर नष्ट हो गए हालाकी अगजनी में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नही है

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था कार्यक्रम मे नामसाई जिला उपायुक्त तपस्य राघव और पुलिस अधीक्षक अंकित सिंह भी मौजूद थे जिला प्रशासन जिले के सभी सरकारी स्कूलो के छात्र और छात्राओ के लिए इसी तरह का प्रशिक्षण सत्र ओर भी आयोजित करेगा

आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया